मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि खर्च पर नज़र रखने के इंतजाम किए गए हैं

उन्होंने बताया कि ईवीएम में आने वाली खराबी पर चुनाव आयोग द्वारा पूरा ख्याल रखा जाएगा और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाएगे

वीरेंद्र कश्यप सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से जनता के बीच जाएगी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कार्यकाल में हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया है और लोग इससे भलीभांति परिचित हैं वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को सीधे मिल रहा है उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव में पार्टी को लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा और चारों सीटों पर भाजपा जीत हासिल करेगी चुनाव सरगर्मी लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में गतिविधियां तेज हो गई हैं निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए विभिन्न स्थानों पर बैठकें आयोजित की जा रही है इसी कड़ी में चंबा में ज़िला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त हरीकेश मीणा की अध्यक्षता में आज विभिन्न नोडल अधिकारियों की बैठक हुई इस दौरान अधिकारियों को चुनाव संबंधी जरूरी दिशा निर्देश देने के अलावा इनका पालन सुनिश्चित बनाने को कहा गया

उन्होंने बताया कि इस बार सी विजील एप्प बनाया गया है जिसके माध्यम से आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायत की जा सकती है

जिला निर्वाचन अधिकारी युनूस ने आज कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी देते हुए बताया कि सभी मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र बन चुके हैं और अमी भी ये पहचान पत्र बनाए जा सकते हैं उन्होंने कहा कि मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई अभियान शुरू किए गए हैं युनूस ने बताया कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ईवीएम और वीवीपैट मशीने लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा